सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाना है आज समाज सुधारक ज्योतिबा फ्ले की जयंती पर श्रु टीका उत्सव भारतीय संविधान के निर्माता डॉ बी आर अबेंडकर की जंयती चौदह अप्रैल को संपन्न होगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्सार अब तक देशभर में दस करोड़ सोलह लाख कोविड के टीके लगाए जा च्के हैं देशभर में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के एक लाख़ बावन हजार आठ सौ उन्यासी नए मामले दर्ज किए गए है और नब्बे हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हए जबकि इस दौरान आठ सौ उनतालीस लोगों की इस महामारी से मौत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चार दिन के विशेष टीकाकरण अभियान का श्भारंभ करते हुए सभी देशवासियों से चार सिद्वांतों का पालन करने की अपील की है इन सिद्वांतों में टीकाकरण के लिए प्रेरित करने उपचार में मदद करने स्रक्षा बनाये रखने की जागरूकता बढाना और माइक्रो कंटेंमेंट जोन बनाने में सहायता करना शामिल है

राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने प्रदेश के पैतालीस वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों से टीका उत्सव में भाग लेकर कोविड वैक्सीन की ख्राक लेने की अपील की है उन्होंने लोगों से देश में कोविड संक्रमण के तेजी से बढ़ते हए मामलों को देखते हए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है राज्य में पिछले चौबीस घंटे में कोविड के तीन नए मामले सामने आए और एक रोगी स्वस्थ हआ राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बत्तीस है और कल कोविड जांच के लिए तीन सौ बीस सैंपल एकत्र किए गए इधर तोमो रिबा स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान नाहरलगुन में आज टीका उत्सव के पहले दिन बड़ी संख्या में पात्र लोगों ने कोविड वैक्सीन की पहली ख्राक ली

अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग के रजिस्ट्रार तारु तालो और एस डी पी ओ कामदम सिकोम ने भी आज कोरोना वैक्सीन की पहली ख्राक ली उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देते हए कोविड का टीका जल्द लगवाने की अपील की

टीका उत्सव के पहले दिन कोविड वैक्सीन के दस टीके लगाए गए हेल्थ सेंटर के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आसपास के पैतालीस वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगवाने के लिए जागरुक किया जा रहा है आज कोविड का टीका लेने वाले लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें टीका लगवाने के बाद कोई परेशानी नहीं हई और स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें आवश्यक परामर्श दिया है

अपने संबोधन में जिला उपाय्क्त ने स्वास्थ्य विभाग से जिले के लोगों को कोविड संक्रमण से बचाव के बारे में जागरुक करने और पात्र व्यक्तियों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने को कहा उन्होंने कोविड दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कराने में जिला प्रशासन के साथ पंचायत सदस्यों और स्थानीय संगठनों से सहयोग की अपील की

उन्होंने वाटर रिसोर्सेज डिविजन यातदम के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यालय का भी शिलान्यास किया

चांगलांग में आयोजित पोग्तो क्ह उत्सव समारोह में राज्य के शिक्षा और संस्कृति मंत्री ताबा तेदिर खेल मंत्री माना नातंग राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक तेसाम पोंगते विधायक ओजिंग तासिंग न्यातो द्क्म फोस्म खिमहन सोमल्ंग मोसांग लाइसम सिमाई सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे